प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्द्रल अजोज अल सऊद से मुलाकात की

प्रधानमंत्री की यात्रा कवर करने गई विशेष संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री का सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजोज अल सउद और शीर्ष नेताओं से द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम भी है सऊदी अरब में आयोजित फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के प्लेनरी सेशन को संबोधित करने के पहले प्रधानमंत्री यहां के सम्राट सलमान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत होने की उम्मीमद है भारत और सऊदी अरब के आपसी ताल्लुकात में पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ोतरी आई है

सऊदी अरब ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा और विश्वसनीय सहभागी रहा है दोनों देशों के बीच वर्षो से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और प्रधानमंत्री के इस यात्रा के बाद दोनों देशों की घनिष्ठता और बढ़ेगी

प्रधानमंत्री आज ही सऊदी अरब के फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के तीसरे सत्र को संबोधित करेंगे श्री मोदी भारत की अर्थव्यवस्था उसके सामने चुनौतियां तथा समतामूलक विकास और खुशहाली के अवसर जैसे विषयों पर विचार व्यक्त करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया के संघर्षों के समाधान के लिए संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत पर बल दिया है अरब न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में श्री मोदी ने कहा कि संघर्षों का समाधान करने के लिए सम्प्रभुता और एक दूसरे के अन्दरूनी मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के इस क्षेत्र के देशों के साथ बेहतर द्विपक्षीय संबंध हैं और बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग इस क्षेत्र में रहते हैं एक दिन की सऊदी अरब की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री ने अरब न्यूज को यह भी बताया कि इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए ऐसी वार्ता प्रक्रिया शुरू करना जरूरी है जिसमें सभी की भागीदारी हो श्री मोदी ने कहा कि पड़ोसियों को तरजीह देना उनकी सरकार की विदेश नीति का दिशा निर्देशक सिद्धांत है और सऊदी अरब क साथ हमारे संबंध अपने दूरस्थ पड़ोसियों में सबसे महत्वपूर्ण हैं प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि शाह सलमान बिन अब्दुल अजोज अल सऊद और युवराज मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व म भारत और सऊदी अरब के आपसी रिश्ते और मजबूत होंगे उन्होंने कहा कि भारत और सऊदी अरब आतंकवाद और सुरक्षा जैसे मसलों पर एक जैसी चुनौतियों से जूझ रहे हैं और दोनों देशों के बीच इस सिलसिले में सहयोग सही दिशा में आगे बढ़ रहा है देश में व्यापार अनुकूल माहौल बनाने के उपायों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सरकार की मेक इन इंडिया डिजिटल इंडिया स्टार्ट अप इंडिया और स्मार्ट सिटी जैसी योजनाएं विदेशी निवेशकों को बेहतर अवसर प्रदान कर रही है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि निगमित संस्कृति में सामाजिक कल्याण की भावना को शामिल किया जाना बहुत महत्वपूर्ण है और कंपनियों ने यह साबित किया है कि सामाजिक और पर्यावरणीय ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए भी मुनाफा कमाया जा सकता है श्री कोविंद आज नई दिल्ली में कॉर्पोरेट सोशल रिसपोंसबिलिटी सी एस आर के क्षेत्र में असाधारण योगदान करने वाली कंपनियों को पहले राष्ट्रीय सी एस आर पुरस्कारों से सम्मानित कर रहे थे इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े टाटा बिरला और बजाज जैसे व्यापारिक घराने अपने सामाजिक दायित्वों को लेकर संवेदनशील हुआ करते थे

न्यायमूर्ति शरद अरविन्द बोबडे देश के नये प्रधान न्यायाधीश होंगे

कानून मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में न्यायमूर्ति बोबड़े की नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है

न्यायमूर्ति बोबड़े प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई का स्थान लेंगे जो सत्रह नवम्बर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं गौरतलब है कि न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने परम्परा के अनुरूप पिछले हफ़्ते ही अपने उत्तराधिकारी के रूप में शीर्ष अदालत के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति बोबड़े की नियुक्ति की सिफ़ारिश की थी

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि राज्य सरकार हर तबक विशेषकर गरीबों किसानों और महिलाओं की उन्नति तथा सम्मान के लिये कृत संकल्पित है

उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिये किसान सम्मान निधि योजना लागू की है जिसके तहत हर साल किसानों के खाते में छह हजार रूपये दिये जा रहे हैं इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने नव निर्मित खेल परिसर का उद्घाटन पंडित गणेश प्रसाद मिश्र की मूर्ति का अनावरण और लगभग चालीस लाख रूपये से अधिक की लागत से बयालीस किलोमीटर लम्बी सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया प्रदेश भर में आज भइया द्ज का पर्व हर्षोल्लास और पारम्परिक ढंग से मनाया जा रहा है परम्परा के अनुसार इस मौक पर भाई अपनी बहनों के घर पहुंचते हैं और बहने भाई को टीका लगाकर उनकी दीघायु की कामना करती हैं भाई बहन को उपहार भेंट करने के साथ साथ उनको रक्षा का वचन भी देते हैं इस अवसर पर धार्मिक नगरी अयोध्या में श्रद्वालुओं ने पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और दीर्घायू होने की कामना लेकर यमराज की पूजा अर्चना को इस दौरान सरयू नदी के जलथरा घाट पर यम द्वितिया का मेला भी लगा हुआ है वहीं कृष्ण नगरी मथुरा में आसपास के क्षेत्रों के अलावा कई अन्य राज्यों से आये श्रद्वालुओं ने यमुना में डुबकी लगाई और विवरण हमारे प्रतिनिधि से यम द्वितीया पर यम फांस से बचने के लिए भाई बहनों ने एक द्रसरे का हाथ पकड़कर यमुना में डुबकी लगाई सूरज की किरण निकलने से पहले ही श्रद्धालुओं के यमुना स्नान का क्रम जो शुरू हुआ तो पूरे दिन परंपरा और भक्ति की अविरल धारा बहती रही यमुना स्नान के लिए देश विदेश से मथुरा के विश्राम घाट पर ही धर्मराज यमुना मैया का मंदिर है वत कहीं नहीं इसीलिए विश्राम घाट के स्नान के महत्व को सर्वोपरि माना जाता है जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिये विशेष व्यवस्था और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये

कुशीनगर में भइया दूज का पर्व पारम्परिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है पूर्वांचल में इसे गोधना पर्व के नाम से जाना जाता है इस दिन महिलाएं गोबर से यमराज की आकृति बनाकर उनकी पूजा करती है और यम द्वितिया पर्व के बाद हिन्दु समुदाय में मांगलिक कार्यो के आयोजन शुरू हो जाते हैं आगरा में भाई बहन के प्रेम के प्रतीक भइया दूज पर्व पर बहनों ने जेल में बंद अपने भाइयों की कलाई पर रेशम का धागा बांधा और तिलक कर उनकी दीर्घायू और रिहाई की कामना की जौनपुर जिले के जमैथा गांव में इस अवसर पर विशाल मेले का आयोजन किया गया जहां गोमती नदी में स्नान करने के बाद लोगों ने माता अखंडो देवी का दर्शन पूजन किया

भारत और पाकिस्तान के बीच हुए करतारपुर गलियारा समझौते के अंतर्गत भारत से एक दिन के लिए आने वाले तीर्थ यात्रियों को वीजा की ज़रूरत नहीं है लेकिन वे गुरुद्वारा बाबा गुरुनानक में ही जा सकेंगे दूसरे देशों से आने वाले श्रद्धालुओं को वीजा लेना होगा और वह अन्य धार्मिक स्थलों पर भी जा सकते हैं समाचार एजेंसी पीटीआई ने पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के अधिकारी के हवाले से बताया है कि पाकिस्तान सरकार यूरोप कनाडा और अमरीका के सिख नागरिकों को गुरूद्वारा दरबार साहिब करतारपुर जाने के लिये पर्यटक वीज़ा जारी करेगी अधिकारी ने बताया कि भारतीय तीर्थ यात्रियों को पाकिस्तान में अन्य तीर्थस्थलों पर जान के लिये वीज़ा लेना होगा भारत और पाकिस्तान ने चौबोस अक्टूबर को करतारपुर गलियारा समझौते पर हस्ताक्षर किये थे

समाप्त